मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता इस दिशा में किए जा रहे हैं सभी प्रभावी उपाय राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के दिये निर्देश केन्द्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहली अप्रैल से होगा श्रू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की पचहत्तरवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट काम और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के फौरन बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जायेगा

श्री योगी कल महराजगंज ज़िले में दो सौ उन्यासी करोड़ रूपये से ज़्यादा लागत की एक सौ चौदह विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और निवेश से पिछले चार वर्षो के दौरान प्रदेश न सिर्फ़ विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है बल्कि देश के अन्य राज्यों से काफी आगे हो गया है प्रदेश सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों का जिक करते हुए श्री योगी ने कहा कि व्यवस्थित कार्यशैली की वजह से प्रदेश के सभी वर्गो के पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि महराजगंज जिले में चार नई नगर पंचायतें बनायी गई हैं इनमें रहने वाली आबादी को अब शहर की सुविधाएं हासिल होंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोलह जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रही है इसमे महराजगंज भी शामिल है इसके अलावा प्रघानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराये जा रहे हैं कार्यक्रम को मुख्य रूप से स्थानीय सांसद पंकज चौधरी विधायक बजरंग बहादुर सिंह जयमंगल कन्नौजिया प्रेमसागर पटेल और ज्ञानेन्द्र सिंह ने भी सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया इसके साथ ही चिड़ियाघर लोगों के लिए खुल गया है मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर में घूमकर यहां की व्यवस्थाओं को देखा और वन्यजीवों का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क को कम से कम रखा जाए और यहां दर्शकों को अत्याधनिक सुविधाएं दी जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से छट दी जाए ताकि वे यहां आकर मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी कर सकें मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का तीसरा प्राणि उद्यान है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर चिड़ियाघर का निर्माण रिकॉर्ड चार वर्ष में पूरा किया गया है उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर न केवल लोगों के मनोरंजन और ज्ञानार्जन का साधन बनेगा बल्कि यह क्षेत्र में पर्यटन की संभावनायों को भी विस्तार देगा

फिलहाल यहां सेर बाघ तेंदुआ दरियाई घोड़ा बारहसिंघा हिरण चीतल सियार अजगर घड़ियाल जैसे जानवर देखने को मिलेंगे

इस दौरान प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्य मंत्री अनिल शर्मा भी उपस्थित रहे

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में होली शब ए बरात और ईस्टर सहित अन्य पर्वो को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से सभी साक्यानियां बरतने के लिए निर्देशित करने को कहा है श्री भल्ला ने यह भी कहा है कि इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाया जाये इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को त्यौहारों के दौरान एक स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने के बारे में उनकी संख्या की सीमा तय करने को कहा था प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश और उपाय जारी किये हैं मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं राज्य में कोविड नमूनों की जांच और टीकाकरण का काम जारी है सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी

प्रवेश सम्बंधित विवरण विद्यालय की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किये जा सकते हैं

श्री यादव कल बाराबंकी स्थित मोहनलाल वर्मा डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अक्सर पर श्री यादव ने समाजवादी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का अनावरण भी किया श्री यादव ने स्वर्गीय देनी वर्मा के योगदान का जिक करते हुए कहा कि उन्होंने जीवनभर समाजवादी विचारवारा और मूल्यों का अनुसरण किया और समाजवादी आन्दोलन को निरन्तर धार देते रहे इस मौके पर पूर्व विधानसभाध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप वरिष्ठ सपा नेता शहाब ख़ालिद विधान परिषद सदस्य राजेश यादव सहित पार्टी के कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद थे कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री राकेश कुमार वर्मा ने किया था प्रदेश में होली के त्योहार की धूम शुरू हो गयी है अयोध्या काशी और मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की श्रूआत हो जाती है समूचे ब्रजमण्डल अबीर गुलाल और रंगो से सराबोर है आज गली गली और चौराहों पर रखी गई होलिकाएं बड़े ही आकर्षक रूप से सजाई गई है आज चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया इस डोले में देश विदेश से चतुर्वेदी समाज के लोग सम्मिलित होकर रंगों में सराबोर होगे होली की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में आज होलिका दहन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लड़कियों को जलाने से परहेज करने को कहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है श्रीमती पटेल ने अपने सन्देश में कहा है कि होर्ली का पर्व सभी को भेदभाव भुलाकर आपसी सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाए रखने का सन्देश देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली भारत की सनातन परम्परा का प्रमुख पर्व है श्री योगी ने कहा कि होली का पर्व सभी को अघर्म और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है